निकाय चुनाव नामांकन प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन आज बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए प्रत्याशी रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कलेक्टोरेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया वहीं कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों में प्रत्याशी चयन को लेकर कई स्थानों पर असंतोष नजर आया कई कार्यकर्ताओं ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तक दे दिया और निर्दलीय नामांकन पत्र जमा कर दिया इसके साथ ही कई प्रमुख नगरीय निकायों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नामांकन दाखिले के अंतिम समय में किए जाने से आज कई प्रत्याशी अपना नामांकन भरने से वंचित रह गए तो कुछ स्थानों पर नामांकन दाखिले के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण प्रत्याशी नामांकन नहीं भर सके महासमुंद जिले के बागबाहरा नगर पालिका में कांग्रेस से अध्यक्ष और चार पूर्व पार्षद जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण नामांकन नहीं भर पाए राजनांदगांव में एक अजीब स्थिति नजर आई जब भाजपा की एक महिला उम्मीदवार कलेक्टोरेट में भारी भीड़ की वजह से अंदर नहीं जा पाईं और नामांकन भरने से चूक गई इसी तरह एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी प्रवेश नहीं मिल पाया उधर खबर मिली है कि रायगढ़ में कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार एक व्यक्ति ने टिकट न मिलने पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में दाखिल कराया गया है प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की कल जांच होगी वहीं उम्मीदवार नौ दिसंबर को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस ले सकेंगे इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाएगा प्रदेश के दस नगर पालिक निगम अड़तीस नगर पालिका परिषद और एक सौ तीन नगर पंचायतों में इक्कीस दिसंबर को मतदान होगा वहीं चौबीस दिसंबर को मतगणना होगी निकाय चुनाव कंट्रोल रूम राज्य में नगरीय निकाय चुनावों के पर्यवेक्षण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में एक कंद्रोल रूम स्थापित किया गया है इस कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर है शून्य सात सात एक दो दो तीन छह दो तीन चार आवश्यकता पड़ने पर राज्य निर्वाचन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के दूरभाष नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है वहीं इक्कीस दिसंबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में मतदाता अपना नाम वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकता है इसके लिए मतदाता को विभागीय वेबसाइट में जाकर अपने मतदाता पहचान पत्र का नंबर अंकित करना होगा इसके बाद मतदाता सूची में मतदाता क्र मांक नाम मतदान केन द्र की जानकारी मिल सकेगी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को दो सप्ताह के भीतर योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डायल एक सौ बारह की व्यवस्था को व्यवहारिक और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने में आध्रनिक टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर मोबाइल आधारित मल्टीपल ऐप की व्यवस्था भी जल्द ही शुरू की जाएगी प्याज भंडारण राज्य सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए व्यापारियों के लिए प्याज भंडारण की नई सीमा निर्धारित की है अब बड़े व्यापारी पचास टन के स्थान पर पच्चीस टन और खुदरा वि क्रे ता दस टन के स्थान पर पांच टन प्याज भंडारित कर पाएंगे सभी खाद्य अधिकारियों को नए स्टॉक लिमिट के अनुसार गोदामों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं राष्ट्रीय अविष्कार अभियान विज्ञान की पढ़ाई को रोचक बनाने और लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्र ीय अविष्कार अभियान के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश के पांच जिलों बस्तर महासमुंद दुर्ग बिलासपुर और सूरजपुर का चयन किया गया है इन जिलों में स्कूली छात्रों और शिक्षकों के साथ विषय विशेषज्ञों का दल गठित कर प्रदर्शन केन द्र बनाए जाएंगे इन केन द्र ों में रोचक ढंग से विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों और नियमों को प्रस्तुत किया जाएगा इससे बच्चों को विज्ञान पढ़ने में आसानी होगी साथ ही आम लोगों में भी विज्ञान के प्र ति रूचि बढ़ेगी अंबेडकर पुण्यतिथि राष्ट्र आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चौसठवें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज संसद भवन में पुष्पांजलि कार्य क्र म आयोजित किया है राष्ट्र पति रामनाथ कोविंद ने आज सुबह संसद भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्वा सुमन अर्पित किए

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल में भी आज श्रद्वांजलि कार्य क्र म आयोजित किया गया जिसमें मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे सशस्त्र बल झण्डा दिवस देश की सुरक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले जांबाज सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति नागरिक एकजुटता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कल देशभर में सशस्त्र बल झण्डा दिवस मनाया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्र दे शवासियों को झंडा दिवस की बधाई देते हुए सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए हर किसी को यथासंभव आगे आकर मदद करने की अपील की है इस मौके पर छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण संचालनालय द्वारा रायपुर में एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है इस समारोह में छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों की पत्नियों के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की पत्नियों का भी सम्मान किया जाएगा हज आवेदन तिथि केन्द्र सरकार ने हज जाने वाले यात्रियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित तिथि पांच दिसंबर से बढ़ाकर सत्रह दिसंबर कर दी है छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के कार्यपालन अधिकारी और सचिव ने बताया कि आवेदकों को सत्रह दिसंबर या उससे पहले जारी किया गया तथा बीस जनवरी दो हजार इक्कीस तक के लिए वैध पासपोर्ट देना होगा लोकवाणी मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की पांचवीं कड़ी का प्रसारण आठ दिसंबर रविवार को होगा इसका प्रसारण छत्ता ी संगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन द्रों के अलावा एफएम रेडियो और क्षेत्रीय टेलीविजन न्यूज चैनलों से किया जाएगा यह रेडियोवार्ता सुबह साढ़े दस बजे शुरू होगी लोकवाणी में इस बार का विषय आदिवासी विकास हमारी आस रखा गया है मुख्यमंत्री समुद्री लुटेरे अपहरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि समु द्वी लुटेरों द्वारा अगवा किए गए रायपुर के तिवारी दम्पित्ता की सुरक्षा और उन्हें मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार के अधिकारी विदेश मंत्रालय और संबंधित दूतावास से लगातार संपर्क में हैं मुख्यमंत्री आज सवेरे जशपुर के लिए रवाना होने के पहले रायपुर के माना विमानतल पर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे इससे पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद आरिफ शेख ने तिवारी दंपत्ति के रायपुर स्थित घर पहुंचकर उनके परिवारजनों से मुलाकात की गौरतलब है कि अपहरणकर्ताओं ने नाइजीरिया के एक जहाज से तिवारी दम्पि ् ा सहित उन्नीस लोगों को बंधक बना लिया है धान खरीदी निरीक्षण बिलासपुर संभाग आयुक्त बीएलबंजारे ने आज कोटा क्षेत्र के विभिन्न धान खरीदी केन् द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया कमिश्नर ने धान खरीदी केन द्र ों में सुरक्षा व्यवस्था किसानों के लिये पेयजल बारदाने की उपलब्धता जैसी व्यवस्था की जानकारी ली उन्होंने धान की गुणवत्ता की भी जांच की

किसान विरोध कबीरधाम जिले में धान खरीदी के लिए बने नियम पाले का विरोध शुरू हो गया है कुंडा खरीदी केन्द्र में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर चक्काजाम किया और धान खरीदी का बहिष्कार कर दिया

किसानों का कहना है अगर पाला कर धान खरीदी की जाएगी तो धान का पूरी तरह बिक पाना मुश्किल हो जाएगा इस नए नियम के तहत किसानों को तौलाई से पहले मण्डी में अपने उपज की ढेरी लगाना पड़ता है और उसके बाद फिर से उसे बारदाने में भरना पड़ रहा है किसान इस नई व्यवस्था से नाराज है

वहीं दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है

वहीं एक महिला सहित दो अन्य घायल हो गए हैं